प्रदेश की जनता अब ई मेल के जरिये मुख्यमंत्री को सीधे भेज सकेगी शिकायत सुझाव और संदेश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

केन्द्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच कल वार्ता हुई

कृषि मंत्रालय उपभोक्ता मामले और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी वार्ता के दौरान मौजूद थे बैठक के बाद कृ षि मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है

श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह जारी रहेगी

उन्होंने किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने विचार रखें और विवादास्पद मुद्दों को चिन्हित करें कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कृषि अधिनियमों और कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विस्तृत ब्यौरा दिया

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कृषि सुधारों से प्रदेश के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं बूंदी के किसान राधेश्याम का कहना हैं कि इन कानूनों से किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा और इससे बिचौलियों से मुक्ति भी मिलेगी

सरकार ने कहा है कि वर्चुअल बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है केन्द्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी बैठक में उपस्थित रहेंगे बैठक का आयोजन हाल ही में देश के कोविड वैक्सीन केन्द्रों की प्रधानमंत्री की यात्रा की समाप्ति के अवसर पर किया गया है

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसके लिए ई मेल आईडी बनाई गई है

इसी मेल पर व्यक्तिगत संदेश गंभीर आपराधिक प्रकरणों और अन्याय की शिकायत समस्या और सुझाव भेजे जा सकेंगे इन प्रकरणों पर मुख्यमंत्री कार्यालय त्वरित कार्रवाई करवाएगा मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई नहीं होने के कारण और कोरोना जनित हालात को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है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

प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा कल भी तीन हजार से उपर रहा

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और श्रीमाघोपुर से कांग्रेस विधायक दीपेन्द्र सिंह शेखावत को हार्ट अटैक आने पर कल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री शेखावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है